राज्यपाल भोपाल में और मुख्यमंत्री इंदौर में करेंगे ध्वजारोहण राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर नये मतदाताओं को दिये गये परिचय पत्र

राजनैतिक विचारधारा की अभिव्यक्ति के साथ साथ देश के समग्र विकास और समी देशवासियों के कल्याण के लिए दोनो को मिलजुलकर कार्य करना चाहिये इस अवसर पर उन्होंने स्वच्छता स्वास्थ्य कृषि और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में राष्ट्र की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए कहा कि जिस तरह स्वच्छता के लिए अभियान चलाया गया उसी प्रकार अब हमें जल संरक्षण की दिशा में एकजुट होकर अभियान चलाने की जरूरत है उन्होनें कहा कि केन्द्र सरकार देश के सर्वांगीण विकास के लिए अग्रसर है

राज्यपाल लालजी टंडन और मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश के नागरिकों को गणतंत्र दिवस की को बधाई और शुभकामनाएँ दी हैं मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस भारत के संविधान में आस्था व्यक्त करने का दिन है गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह भोपाल के लालपरेड मैदान में होगा यहां राज्यपाल लालजी टण्डन सुबह नौ बजे ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे मुख्यमंत्री कमलनाथ इंदौर के नेहरू स्टेडियम में झण्डावंदन करेंगे वहीं सरकार के विभिन्न मंत्री अपने प्रभार वाले जिलों में गणतंत्र दिवस कार्यकम में शामिल होंगे शाम को राजभवन में स्वागत समारोह होगा समारोह में राज्यपाल द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया जायेगा गणतंत्र दिवस पर राजभवन दिन भर आम लोगों के लिए खुला रहेगा राज्यपाल राजभवन के स्वर्णजयंती सभागार में पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डाक्टर शंकरदयाल शर्मा और पुर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटलबिहारी वाजपेयी के आदमकद तेलचित्रों का अनावरण करेंगे

कल गणतंत्र दिवस समारोह परेड में चयनित प्रतिभागियों और झांकियों के राज्यस्तरीय पुरस्कार दिये जायेंगे उधर राष्ट्रपति ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रदेश के उप जेल अधीक्षक केन्द्रीय जेल भोपाल प्रियदर्शन श्रीवास्तव विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया है इनके साथ ही सबलगढ सब जेल के सहायक जेल अधीक्षक शैलेन्द्र कुशवाहा केन्द्रीय जेल रीवा के सहायक जेल अधीक्षक संजीव कमार नायक जिला जेल दतिया के मुख्य प्रहरी अमजद खान केन्द्रीय जेल सतना के मुख्य प्रहरी रमेश ओझा और केन्द्रीय जेल नरसिंहपुर की स्वास्थ्यकर्मी संध्या धूसिया को सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया गया है

वहीं राज्य के जिलों में भी गणतंत्र दिवस समारोह पूर्वक मनाये जाने की तैयारियां पूरी हो गई हैं हमारे शिवपुरी संवाददाता ने बताया है कि इस बार परेंड में सरकारी विद्यालय के विद्यार्थी पहली बार शामिल होंगे

ये समझौते स्वास्थ्य जैव ऊर्जा सहयोग सांस्कृतिक आदान प्रदान भगर्भ और खनिज संसाधन सहित अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में किये गये हैं ब्राजील की राष्ट्रपति की यात्रा से अलग चार और समझौतों पर हस्ताक्षर किये गये हैं बातचीत के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि उनकी यात्रा दोनो देशों में बढ़ते संबंधों का परिचायक है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

शिवराज भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान ने राज्य सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया है आज मुरैना में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिये केंद्र से आयी राशि प्रदेश सरकार ने वापस कर दी जिससे गरीब लोगों को आवास नहीं मिल पा रहे है किसानों को भी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है